पिछले चौबीस घंटों में नौ सौ सात नये मामलों की प्रष्टि विधान सभा चुनाव के लिए भाजपा और जदयू आज अपने प्रत्याशियों के नामों की औपचारिक घोषणा करेगी भाजपा ने कोन्द्रीय चुनाव समिति और कोर कमिटी की बैठकों के बाद अपने दल के प्रत्याशियों के नाम तय कर लिये हैं इसके बाद उम्मीदवारों की सूची के साथ पार्टी के चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस और राज्य प्रभारी भूपेन्द्र यादव पटना लौट आये हैं आज भाजपा और जदयू द्वारा संयुक्त रूप से सीट समझौते और उम्मीदवारों के नाम घोषित किये जायेंगे इधर भाजपा ने महागठबंधन से अलग हुए विकासशील इंसान पार्टी को एनडीए में शामिल करने के संकेत दिये हैं वहीं पहले चरण के चुनाव को देखते हुए जदयू और राजद ने अपने कई प्रत्याशियों को व्यक्तिगत तौर पर बुलाकर पार्टी टिकट दे दिये हैं तीस से अधिक उम्मीदवारों को पहले चरण के लिए टिकट दे दिये गये हैं जदयू ने कई मौजूदा विधायकों और मंत्रिमंडल में शामिल सदस्यों को फिर से टिकट दिया है कैबिनेट मंत्री जयकुमार सिंह संतोष निराला कृष्णनंदन वर्मा और शैलेश कुमार को पार्टी ने फिर से मौका दिया है वहीं कई निवर्तमान विधायकों को टिकट से वंचित होना पड़ा है ड्मरांव के विधायक ददन यादव के स्थान पर जदयू ने राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अंजुम आरा को मौका दिया है भाजपा ने भी अपने कई प्रत्याशियों को फोन कर उनकी उम्मीदवारी की सूचना दे दी है राजद की सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी आज अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है पार्टी फोन कर प्रत्याशियों को बुला रही है वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने भी फोन से पार्टी प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है इधर महागठबंधन में शामिल भाकपा माले ने अपने कोटे की सभी उन्नीस सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है पार्टी ने निवर्तमान विधायक महबूब आलम सत्यदेव राम और सुदामा प्रसाद को फिर से मौका दिया है इससे पहले सीपीआई और सीपीएम भी अपने सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है बिहार विधानसभा की दो सौ तैंतालीस में से इकहत्तर सीट पर प्रथम चरण में अटठाइस अक्टूबर को होने वाले चूनाव के लिए अब तक चौतीस प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया मूख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार शेखपूरा से जनता दल यूनाइटेड के रणधीर कुमार सोनी रामगढ़ से बहुजन समाज पार्टी की अंबिका सोनी चैनपूर से बसपा के मोहम्मद जमा खान काराकाट से भाकपा माले के अरुण कुमार नामांकन दाखिल करने वालों में प्रमुख है प्रथम चरण के चुनाव वाले क्षेत्र के लिए प्रत्याशी आठ अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्रों की जांच नौ अक्टूबर को होगी और बारह अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदान के दिन संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि यह निर्देश सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्द्वसैनिक बल की दो सौ पचपन कंपनियां पहुंच गयी है इन अर्द्वसैनिक बलों को प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है इनमें सबसे अधिक चौदह कंपनी गया जिले में तैनात की गयी है वहीं सबसे कम दो दो कंपनी शेखपुरा और सुपौल जिले को मिली है चुनाव कर्मचारियों और मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार व्यापक व्यवस्था कर रही है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ़ास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक स्वास्थ्य किट तैयार कर रहा है जिसमें सर्जिकल मास्क प्लास्टिक के ग्लब्स इंफ़ारेड थर्मामीटर फेश शिल्ड तथा हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध होंगे मूख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार में स्वतंत्र निष्पक्ष सुरक्षित तथा सहभागितापूर्ण चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता है श्री अरोड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनावों के लिए तैनात होने वाले पर्यवेक्षकों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक में यह बात कही उन्होंने कहा कि बिहार में चूनाव कराने का फैसला लेने से पहले आयोग ने विस्तृत विचार विमर्श कर स्थिति का आकलन किया है इस चुनाव में अतिरिक्त सावधानी बरतने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि महामारी के बीच होने वाले विश्व के सबसे बडे चुनाव पर विश्व समुदाय की पैनी नजर रहेगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं में विश्वास जगाने के लिए सभी प्रयास करने होंगे जिससे मतदाता सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर आएं बैठक के दौरान निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्र ने बताया कि आयोग ने दो विशेष व्यय पर्यवेक्षक पहले ही नियुक्त कर दिए हैं यदि जरूरत हुई तो और विशेष पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे बिहार में विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चूनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन इकहत्तर उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया निर्वाचन कार्यालय के अनुसार कल विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के दिलीप कुमार और जनता दल सेक्यूलर के हुमायूं अंसारी समेत पन्द्रह उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया इसके साथ ही तिरहुत स्नातक से जदयू के देवेश चंद्र ठाकूर ने नामांकन पत्र दाखिल किया इसके अलावा कोसी स्नातक क्षेत्र से राजद के नीतीश कुमार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मनोज कुमार जयसवाल समेत बारह प्रत्याशी और दरभंगा स्नातक क्षेत्र से कांग्रेस के संजय कुमार मिश्र और राजद के अनिल कुमार झा माकपा के अंजनी कुमार सिंह और जन अधिकार पार्टी के मुनींद्र यादव समेत नौ प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राजद के नारायण यादव समेत पन्द्रह दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सुरेश प्रसाद राय समेत नौ सारण शिक्षक क्षेत्र से जनता दल राष्ट्रवादी के अवधेश कुमार समेत पांच और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संजय कुमार सिंह के अलावा चार निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया इन आठ सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जायेगी जबकि प्रत्याशी आठ अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे मतदान बाईस अक्टूबर को होगा और मतों की गिनती बारह नवंबर को होगी देश भर में स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में शिक्षा मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की है पन्द्रह अक्तूबर के बाद धीरे धीरे फिर से स्कूल खोलने संबंधी दिशा निर्देश दो भागों में विभाजित हैं जिनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा के पहलू शामिल किये गये हैं इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना आवश्यक किया गया है दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबंधित है इन निर्देशों में लॉकडाउन के दौरान घर पर आधारित स्कूली शिक्षा से स्कूल प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक स्कूल शिक्षा में सुचारू परिवर्तन पर बल दिया गया है शिक्षकों से कहा गया है कि वे आईटी टेक्नोलॉजी के अपने कौशल को बढाये जिससे कक्षा में उसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके स्कूलों को स्वयं की मानक संचालन प्रक्रियाएं तय करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान नौ सौ सात लोगों के कोविड उन्नीस की चपेट में आने से राज्य में अबतक कुल पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख अठासी हजार आठ सौ अंठावन हो गया है वहीं नौ संक्रमित की मौत से मृतकों की संख्या बढ़कर नौ सौ चौबीस हो गई है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविन्दर सिंह ने कहा कि जाड़े में सांस नली में संक्रमण बढ़ जाता है इसलिए मौसम में बदलाव होते ही कोविड उन्नीस संक्रमण की गहन निगरानी जरूरी है

इसे देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ और चाणक्य विधि विश्वविद्यालय की ओर से पटना में आयोजित वेब गोष्ठी में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि विधान सभा चुनाव में पार्टियों को राज्य के करोडों बच्चों के हित की भी बात सोचनी चाहिए यूनिसेफ के कार्यक्रम पदाधिकारी शिवेंद्र पांडेय ने कहा कि बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य टीकाकरण और कौशल विकास के मुद्दे अभी चुनाव में नहीं दिख रहे हैं राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार पटेल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बारिश हो रही है उन्होंने कहा कि इससे आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मॉनसून के लौटने का संकेत है वैज्ञानिकों ने इस बारिश को धान की फसल के साथ साथ रबी की बुआई के लिए लाभदायक बताया है प्रदेश में ग्यारह अक्टूबर से पोलियो मुक्त अभियान एक बार फिर शुरू हो रहा है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अभियान में आशा एएनएम और ममता कार्यकर्ताओं को लगाया जायेगा कोल्ड चेन सेंटर से दवा आपूर्ति और अन्य कार्यो की जिम्मेवारी पीएचसी प्रभारी की होगी मछली पकड़ने के दौरान जाले में फंसे डाल्फिन को मुक्त करने पर ढाई हजार रूपये दिये जायेंगे पटना वन्य विभाग की डीएफओ रूचि सिंह ने बताया कि मछुआरों के जाल को अगर डाल्फिन काटती है तो उसकी राशि भी अलग से दी जायेगी पटना जिले के दानापुर रेल स्टेशन के पास से पुलिस ने चार किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया कालीबाग आउट पोस्ट क्षेत्र से अपराधियों ने चूड़ा व्यवसायी के कर्मचारी से छह लाख बासठ हजार रुपये लूट लिये भागलपुर जिले के ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र में वजपात से एक वृद्ध की मौत हो गई तथा एक अन्य व्यक्ति झुलस गया बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने दो वाहनों से चार सौ बत्तीस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधान सभा चुनाव के लिए विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के बीच टिकट बंटवारे की खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है जदयू राजद में बंटने लगे सिम्बल दैनिक जागरण ने लिखा है राजद ने तय किये प्रथम चरण के तैंतीस प्रत्याशी कई सीटों पर विमर्श दैनिक भास्कर ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के हवाले से लिखा है भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी तेजस्वी मेरे छोटे भाई प्रभात खबर ने पूर्णिया जिले में मल्लिक हत्याकांड पर आरक्षी अधीक्षक के हवाले से लिखा है साक्ष्य मिला तो नामजदों पर कार्रवाई और अब अंत में मुख्य समाचार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा आज

पिछले चौबीस घंटों में नौ सौ सात नये मामलों की पुष्टि